प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार समाज को एक साथ जोड़ता है कल शाम दिल्ली में आयोजित दशहरा समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि त्योहार लोगों में उत्साह भरते हैं और सपने सजाने का काम करत हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर लोग सामूहिक भावना की शक्ति को समझना चाहते हैं तो उन्हें भगवान कृष्ण और भगवान राम से प्रेरणा लेनी चाहिए श्री मोदी ने नवरात्र अनुष्ठान की मूल भावना के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली या दूसरों को प्रेरणा देने वाली बेटियों को इस साल दीपावली पर सम्मानित करना चाहिये मां की उपासना करने वाला ये देश शक्ति साधना करने वाला ये देश धरती पर हर मां बेटी का सम्मान हर मां बेटी का गौरव हर मां बेटी की गरिमा इसका संकल्पे शक्ति साधना के साथ हम लोगों की जिम्मेवारी बनता है

उन्होंने लोगों से इस मिशन को पूरा करने के काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने को कहा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रफाल विमान हमारी सामरिक क्षमता में वृद्धि करेगा श्री सिंह कल फ्रांस के मेरिन्याक में छत्तीस रफ़ाल लड़ाकू विमानों की खेप का पहला विमान हासिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह भारत फ्रांस सामरिक सहयोग में एक नया पड़ाव है और निश्चित रूप से दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक नई ऊंचाई पर पहुंच गये हैं रफाल एयरक्राफ्ट की डिलिवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायू सेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा हमारा फोकस वायू सेना को समृद्ध करने और उसकी क्षमता को बढ़ाने पर है

रक्षामंत्री ने नये रफाल विमान की शस्त्र पूजा करने के बाद उसमें उड़ान भी भरी श्री सिंह ने कहा क्रेडिट देना चाहता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी को कि उनके एक डिसाइसिवनेस के कारण ही यह फैसला हो पाया और हमारे एयरफोर्स की यह कम्बंट केपेबिलिटी में यह इजाफा हुआ है मैंने स्वयं शोर्टी ली है और बहुत ही कम्फरटेबल फ्लाइट थी

चीन ने कश्मीर मुद्दे पर अपने रुख में महत्वपूर्ण बदलाव किया है कल चीन के विदेश मंत्री कं षुगांग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपने सभी मुद्दों का समाधान द्विपक्षोय बातचीत से करना चाहिए उन्होंने कहा कि दोनों देश कश्मीर सहित सभी मामले परस्पर बातचीत से सुलझा सकते हैं यह रवैया भारत और पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व के हित में होगा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग चेन्नई में दूसरे भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दो दिनों की भारत यात्रा पर आ रहे हैं श्री जिनफिंग के साथ चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी भी आ रहे हैं श्री जिनफि ग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष वुहान में हुआ था इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सर्वोच्च स्तर पर संपर्क कायम कर सामरिक मामलों पर विचारों का आदान प्रदान और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना है सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने की कोई संभावना नहीं है भारत और चीन इस साल दिसंबर में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभ्यास भी करने वाले हैं

सरकार ने आज केन्द्रीय कर्मचारियों और पेशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये बाद में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को दिया गया सरकार का तोहफा बताया श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से पचास लाख केन्द्रीय कर्मचारी और पैंसठ लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ लेने वाले किसानों के खातों को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर तीन नवम्बर दो हजार उन्नीस कर दी है इससे उन किसानों को सम्मान राशि तत्काल जारी की जा सकेगी जो आधार से जोड़ने की अनिवार्यता की वजह से इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने छात्रों का आहवान किया है कि वह नई कृषि तकनीक से ग्रामीण भारत का नव निर्माण कर भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रह श्रीमती पटेल आज कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इक्कीसवें दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि जलवायू परिवर्तन खादय सुरक्षा और टिकाऊ खेती के लिये शोध की जरूरत है श्रीमती पटेल ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखते हुए तकनीकी का उपयोग मानवता की बेहतरी के लिये करना समय की मांग है कृषि शिक्षा में छात्राओं की बढ़ती संख्या पर खुशी व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण और जागरूकता का ज्वलंत उदाहरण है इस अवसर पर सात सौ छह छात्र छात्राओं को विभिन्न विषयों में उपाधियां वितरित की गई अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के बारे में भ्रम और भय का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है श्री नकवी कल रामपुर ज़िले के नौगंवा गांव में ग्राम चौपाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे लोगों से संवाद करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश के नागरिकों के अधिकारों की हर हाल में हिफाजत होनी चाहिये लेकिन घुसपैठियों की पहचान करना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार समावेशी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति निष्ठापूर्वक काम कर रही है देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए श्री नकवी ने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करने का महत्वपूर्ण फैसला किया है इस क़दम से भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षो में पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में प्रभावी भूमिका निभायें गे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी महोत्सव जारी है उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित इस महोत्सव में ग्रामोद्योगी उत्पादों के चौहत्तर खादी वस्त्रों के चौदह और माटी कला उद्योग के चार स्टाल लगाये गये हैं स्टालों पर सहारनपुर के नक्काशीदार फर्नीचर चमड़े का सामान भदोही के कालीन कन्नौज के मिटटी से बने बर्तन वाराणसी की रेशम और सिल्क की साड़ियां उत्तरांचल के कोट और जैकेट तथा गूजरात और राजस्थान के हस्तकला पर आधारित वस्त्र उपलबध हैं इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है महोत्सव का समापन आगामी तेरह अक्त्बर को होगा बहजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम की तेरहवीं प्रण्य तिथि पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया बसपा प्रमुख मायावती ने आज सुबह दिल्ली स्थित बहजन प्रेरणा केन्द्र में बनी स्वर्गीय कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया उधर लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में बसपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कांशीराम को भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित कर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र पर आधारित समाज बनाने के संकल्प को दोहराया

समाप्त